राज्य मंत्रिपरिषद ने आज झारखंड संकामक रोग अध्यादेष समेत उनचालीस प्रस्तावों को मंजुरी दे दी इस अध्यादेष के तहत कोरोना वायरस संकमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर द्वारा जारी दिषा निर्देषों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी इसके तहत एक लाख रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है

बाद में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को नकद प्रस्कार राषि भी देने का निर्णय लिया गया है

इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार दो सौ बानवे पहुंच गयी है चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में भी आज बीस कोरोना संक्रमितों नये मरीजों की प्रष्टि हुई है एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित नये मरीज मिलने के बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित हाट बाजार में वीरानी छायी हुई है और सरकारी कार्यालयों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है रामगढ़ जिले में भी सोलह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है इधर विभिन्न जिलों में निरंतर कोरोना कोरोना संक्रमित नये मरीज सामने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर लगभग सैतालीस प्रतिषत हो गयी है रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाये गये है सीपी सिंह ने खुद ट्वीट कर इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि उनसे जो भी हाल के दिनों में संपर्क में आये हैं वे भी अपना कोविड टेस्ट करायें उन्होंने बताया कि वे खुद भी संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाकर प्रशासन को आज सूचना बना कर उपलब्ध करा देंगे हजारीबाग समाहरणालय में कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच को लेकर आज सैम्पल लिये गये रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोरोना जांच के लिए उप विकास आयुक्त विजया जाधव और अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज सहित करीब एक दर्जन अधिकारियों और दो कर्मियों ने सैंपल दिया इस संबंध में उप विकास आयुक्त विजया जाधव ने कहा कि लोगों को अपने एवं परिवार को बचाने को लेकर सैंपल टेस्ट कराने चाहिए

जिले के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह और सिविल सर्जन अशोक कमार पाठक ने कोरोना से जंग जीतने वालों को फूल देकर उनकी हौसला अफजाई की कोरोना से जंग जीतने वालों में एक बडी संख्या महिलाओं की भी है आवश्यक हिदायत देने के बाद सभी को बस में बैठा कर उनके घरों को रवाना किया गया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

यह निर्णय आज धनबाद के डीआरडीए सभागार में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम तथा फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में लिया गया

लेकिन मिल्क बूथ और दवा द्वकाने इस समय सीमा से बाहर रहेंगी उन्होंने बताया कि संध्या पांच बजे के बाद दुकाने खुली नहीं रहनी चाहिए इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन शाम को पांच बजे के बाद सम्बंधित थाना क्षेत्र में थानेदार के साथ भ्रमण करेंगे राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में जैविक प्रमाणन केंद्र की स्थापना की जाएगी कृषि मंत्री आज रांची में खरीफ कार्यषाला के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की समस्याओं समाधान के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिष्चित करने का निर्देष दिया कि पंद्रह अगस्त तक सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से र्जाड़े उन्होंने यह भी सुनिष्चित करने का निर्देष दिया कि कोई भी किसान इस योजना से छुटे नहीं कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रत्येक वर्ष पच्चीस मई को बीज दिवस बनाया जाएगा

राज्य सरकार जल्द ही इन प्रवासी मजदूरों की पहचान कर उन्हें पैकेज देने पर विचार कर रही है जिसके लिए दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है कृषि मंत्री ने विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देष दिया कि किसानों को कृषि लोन के लिए प्रोत्साहित करें गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमितो की रफ्तार अचानक बढ़ जाने से स्वास्थ्य विभाग को सभी मोर्चों पर उसी अनुरूप व्यवस्था बनानी पड़ रही है जिले में पहले से उपलब्ध तीन सौ बेडों की संख्या को अपर्याप्त मानते हुये एक सौ अतिरिक्त बेड बढ़ाया जा रहा है

झारखंड उच्च न्यायालय में फिलहाल पच्चीस स्वीकृत पदों में सत्रह न्यायधीश कार्यरत हैं कॉलेजियम की बैठक के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस दीपक रोशन को स्थाई जज बनाने संबंधी अनुशंसा भारत सरकार को भेज दी गई है भारत सरकार स्थाई जज बनाने की अधिसूचना जारी करेगी जस्टिस दीपक रोशन और जस्टिस संजय द्विवेदी वर्ष दो हजार उन्नीस में झारखंड हाईकोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे और इन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस के द्वारा पद की शपथ दिलवाई गई थी पाकुड़ समाहरणालय में कार्यरत एक पदाधिकारी और कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाये जाने की पुष्टि होने के बाद जिले के उपायुक्त कलदीप चौधरी ने समाहरणालय को अगले दो दिनों तक बंद करने का निर्देश दिया है

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के पूर्वी जोन के महानिदेषक आरएन मिश्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस के संकमण के श्रुआती दौर में देश में इसके इलाज के लिए कई आयुर्वेदिक दवाएं आने लगीं जोर शोर से मीडिया में उनका प्रचार होने लगा लेकिन वह कितनी असरदार होंगी कितना फायदा पहुंचाएंगी इसकी सत्यता की जांच नहीं हुई इसलिए वर्तमान परिस्थतियों में खबरों की सत्यता की जांच करना बेहद जरूरी है

रांची जमशेदपुर डाल्टनगंज सहित राज्य के कई इलाकों में आज दौरान जोरदार बारिश हुई है रांची और आसपास के इलाके में देर शाम बाद रुक रुक कर बारिश होती रही

इस दौरान जामताड़ा में सबसे ज्यादा पचासी मिमी बारिश रिकॉर्ड की गयी खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के लरता गांव में पिछले दिनों एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देषी कट्टा दो मोबाइल एक मोटरसाईकिल और करीब पंद्रह हजार रुपये नगर बरामद किये गये

गुमला में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की आज हुई समीक्षात्मक बैठक में हरित ग्राम योजना नीलाम्बर पिताम्बर जल समृद्धि योजना और शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की समीक्षा की गई पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देशानुसार आज जिला समाहरणालय और मैजिस्ट्रेट कॉलोनी को सघन तरीके से सैनिटाइज करने का कार्य किया गया है